अरूण जेटली पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और ऐम्स में उपचाराधीन थे

अरूण जेटली भाजपा के एक कद्दावर नेता रहे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री सहित कई बड़े पदों पर कार्य किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरूण जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया है टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली महान राजनेता और उच्च कोटि के विद्वान थे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अरूण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र उत्थान के कार्यो के लिए अरूण जेटली को हमेशा याद किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली एक महान व बुद्धिमान नेता थे जिन्होंने देश की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है

नड़डा ने बताया कि कल शाम अरूण जेटली का निगम बोद्धघाट में अंतिम संस्कार होगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल उपाध्यक्ष हंसराज मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्यों सहित पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी अरूण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी जिले के मच्छयाल क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा मच्छयाल में आज तीन दिवसीय शनि मन्दिर मेले के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और यहां सुंदरघाट का निर्माण किया जाएगा रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि ये मेला वर्षो से आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और प्राचीन संस्कृति को संजोय रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्व ढंग से दो बड़े बहुउददेशीय खेल मैदान बनाए जाएंगे

इस खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के सात सौ छात्रों ने भाग लिया खो खो में नगरोटा बगवां पहले और बैजनाथ दूसरे जबकि वॉलीबॉल में फतेहपुर स्कूल पहले और जस्वां प्रागपुर स्कूल दूसरे स्थान पर रहा कबड्डी में कांगड़ा और कुश्ती में फतेहपुर स्कूल विजेता बना अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त अरब अमिरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया है यूएईके दौरे के दौरान आज अबु धाबी में उन्हें काउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ये पुरस्कार प्रदान किया नरेन्द्र मोदी दुनिया के ऐसे चुनिंदा नेताओं की सूची में शुमार हो गए हैं जिन्हें ये सर्वोच्च सम्मान मिला है जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज पूरे देश सहित प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ी इस अवसर पर कल भी विभिन्न मन्दिरों में देर रात तक भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों ने आज सुबह तक उपवास रखा आर्थिक वृद्धि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्वि दर बेहतर है उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर अमेरिका और चीन के मुकाबले अधिक है वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष व चीन की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वैश्विक व्यापार की स्थिति अस्थिर हो गई है सीतारमण ने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में ही नहीं है बल्कि विकसित देशों में भी यही हाल है मणिमहेश यात्रा चंबा जिले में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू हो गई है

मान्यता के अनुसार शिवकुंड में भगवान शिव के मणि रूप के दर्शन होते हैं